प्रधानमंत्री ने लोगों से इसमें योगदान देने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होगा इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण सुना जा सकता है मन की बात के तुरंत बाद मैथिली में इसका अनुवाद आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से प्रसारित किया जायेगा मैथिली में यह अनुवाद इसी केन्द्र से शाम साढ़े छह बजे से सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स बनाने की घोषणा की है इस विशेष राष्ट्रीय कोष का प्राथमिक उद्देश्य कोविड नाईनटीन महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति से निपटना है प्रधानमंत्री इस न्यास के अध्यक्ष होंगे इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं

इस कोष में छोटी राशि भी दान दी जा सकेगी जिससे बड़ी संख्या में लोग योगदान कर सकेंगे

प्रघानमंत्री ने लोगों से इसमें दान करनेअपील की उन्होंने कहा कि मविष्य में इसी प्रकार के संकट की रिथति में इसका इस्तेमालकिया जा सकेगा

समाचार कहा से निखिल कुमार भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद अपनी सांसद निधि से केंद्रीय राहत कोष में एक एक करोड़ रुपये का योगदान करेंगे भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाशनड्डा ने कहा है कि इस महामारी से लडने के लिए पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपनेएक महीने का वेतन भी केंद्रीय राहत कोष में देंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार सरकार पूर्णबंदी के दौरान प्रवासी कामगारों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है कोविड नाईनटीन से निपटने में देश की तैयारी की समीक्षा करते हुए श्री शाह ने यह बात कही गृह सचिव ने राज्यों को फिर से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि गृह राज्य लौटने वाले तीर्थ यात्रियों और प्रवासी कामगारों के लिए तुरंत राहत शिविर स्थापित करें राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गो के निकट राहत शिविर बनाएं उन्हें टेंटों में आश्रय स्थल बनाने को भी कहा गया है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि उनका मंत्रालय राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और लॉकडाउन के अमल पर निगाह रखे हुए है उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों से संबंधित मुद्दों पर भी राज्यों के साथ लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है

दूसरा जहां भी रिलीफ कैम्प्स हैं वहां पर मैडिकल चौकअप ड्राइस करवाएं जिससे कि हमें पता चल सके कि हाउ इज द हैल्थ स्टेटस और उस पर फिर एकोर्डिंगली स्टेट्स और यूटीज एक्शन ले सकती हैं देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर नौ सौ अठारह हो गई है इनमें से उनासी लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि उन्नीस की मौत हो गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र रोगियों के हाल के सम्पर्कों का पता लगाने सामुदायिक निगरानी और रोकथाम की रणनीति तैयार करने के लिए राज्यों के साथ लगातार सम्पर्क में है उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र राज्यों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को तैयार हालत में रखने की दिशा में भी कार्य कर रहा है श्री अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है बाईट लव अग्रवाल लॉकडाउनमें पेशेन्ट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके तहत ही आज हैत्थ मिनिस्ट्री नेएक आदेश जारी किया है कि सीजीएचएस में जो हमारे क्रोनिक पेशेन्ट हैं उनको तीन महीनेकी दवाई एक साथ इश्यू की जाये और पेशेन्ट को खुद ना जाना पड़े

जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लान्ट कीमो थेरेपी या अन कंट्रोल डायबिटीज इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो अपने किसी रिप्रैजेन्टेटिव को भेज कर भी दवाइयां ले सकते हैं किसानों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने खेती बाड़ी और इससे संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की समस्याओं पर लगातार निगाह रखे हुए हैं उन्हें यह जानकारी मिली कि किसानों को फसलें समेटने और अनाज को मण्डियों तक पहुंचाने में अड़चने आ सकती हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर कर दिया गया है जिससे खेतों में खड़ी तैयार फसलों की कटाई संभव हो सकेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रवासी बिहारी मजदूरों के लिये सीमावर्ती इलाके में राहत शिविर बनाये जायेंगे उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राहत शिविरों में बिहार और अन्य राज्यों के लोगों को भोजन करवाने ठहरने और चिकित्सा की सुविधा दी जायेगी इस बीच मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि बिहार लौटने वाले हर बिहारी की अनिवार्य रूप से जांच करायी जायेगी प्रदेश में कोविड नाईनटीन के दो और नये मरीज के सामने आने से राज्य में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर ग्यारह हो गई है पहला मामला पटना के एक निजी अस्पताल की एक महिला का है जो मुंगेर के युवक के सम्पर्क में आने से हुआ जिसकी रविवार को मौत हो गई थी जबकि दूसरा मामला मुंगेर जिले का है पटना स्थित आरएमआरआई के निदेशक डॉक्टर पी दास ने बताया कि शनिवार को एक सौ इकसठ सैंपल जांच के लिये आये थे इनमें दो सैंपल पॉजिटिव जबकि शेष एक सौ उनसठ सैंपल निगेटिव पाये गये

जिस एप के जरिये बाहर से आये लोगों की पहचान की जा रही है संदिग्ध लोगों को रखनेके लिये पंचायत और गांव के स्तर पर होम क्यारन्टाइन की व्यवस्था की गई है इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया है

इस राशि का उपयोग कोरोना वायरस के संक्रमणके उत्पन्न स्थितियों के निपटने के लिये किया जायेगा आकाशवाणी समाचार के लिये पटनासे कृष्ण कुमार लाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में कोविड नाईनटीन महामारी की जानकारी के लिए राष्ट्रीय द्र परामर्श केंद्र की शुरूआत की यह टेलिमेडिसन केंद्र के रूप में कार्य करेगा जिसके जरिए विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टर कोविड नाईनटीन से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए सप्ताह मेंसातों दिन और चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे बाईट हर्षवर्धन देशमर के डॉक्टर्स जो उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनका आपस में भी सलाह मश्विरा होता रहे और उनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज न्यूडेल्ही के एक्स्पर्ट के साथ भी लगातार कंसलटेशन होता रहे

रेलवे इक्कीस मार्च से चौदह अप्रैल तक की यात्रा के लिए आरक्षित कराए गए टिकटों की प्ररी राशि यात्रियों को वापस करेगी चौदह अप्रैल तक रेलगाडियों का संचालन रद्द किए जाने की वजह से यह फैसला किया गया है इस महीने की सत्ताईस तारीख से पहले रद्द कराए गए टिकटों के लिए यात्रियों को निर्धारित फार्म भरकर टिकट जमा कराने की रसीद और यात्रा के विवरण के साथ इक्कीस जून तक देना होगा इसके साथ ही सत्ताईस मार्च से पहले रद्द कराए गए ई टिकटों की बकाया राशि यात्री के खाते में वापस कर दी जाएगी सत्ताईस मार्च के बाद रद्द कराए गए टिकटों की पूरी राशि वापस की जाएगी वहीं रेलवे ने कोविड नाईनटीन के बारे में जानकारी देने के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाले दो हेल्पलाइन नम्बर एक तीन आठ और एक तीन नौ का दायरा बढ़ा दिया है इससे लोगों को पूर्णबंदी के दौरान जरूरी सूचनाएं दी जा सकेंगी बिहार के प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए नई दिल्ली में बिहार भवन में चौबीसों घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है

बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर विपिन कुमार ने बताया है हरियाणा दिल्ली केरल महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले लोगों ने मदद के लिए संपर्क किया है उधर कोरोना वायरस से संबंधित मदद और जानकारी के लिए पटना में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है पटना का एसटीडी कोड शून्य छह एक दो लगाकर संपर्क किया जा सकता है कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर इस प्रकार है दो दो एक सात सात आठ एक तथा दो दो तीन तीन आठ शून्य छह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड नाईनटीन वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें

लॉकडाउन के दौरान सभी अपने घरों में रहेंऔर सिर्फ जरूरी चीजों के लिये ही बाहर निकलें लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनीआंख नाक और मुंह को छूने से बचें बार बार अपने हाथों को साबून और एल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर से साफ करते रहें

यदिकिसी व्यक्ति को खांसी या बुखार है तो वह दूसरे के सम्पर्क में आने से बचे और डॉक्टरसे सलाह ले

हम साथ मिलकर इस वायरस सेलड़ सकते हैं जरूरत है एहतियात बरतने की और खुद को सुरक्षित रखने की अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्द्रस्तान ने लिखा है पटना की दो लाख आबादी डेंजर जोन में दैनिक जागरण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर प्रवासी मजदूर को मिलेगी मदद हाईवे किनारे लगेंगे कैंप दैनिक भास्कर का शीर्षक है दस लाख बिहारी परदेश में फंसे पचास फीसदी को खाने का भी संकट प्रभात खबर की सुर्खी है यूपी से बसें खोलने पर नीतीश असहमत कहा ऐसे में फैलेगी बीमारी रोकना होगा मुश्किल

प्रधानमंत्री ने लोगों से इसमें योगदान देने की अपील की